जिससे कोई भी पात्र श्रमिक नहीं छटे

इन सम्मेलनों में पात्र श्रमिकों को कल्याणकारी योजनाओं विशेष रूप से प्रधानमंत्री आवास योजना पट्टा वितरण उज्जवला योजना ई रिक्शा हाथ ठेला शिक्षा सहायता चिकित्सा सहायता प्रसूति सहायता आदि योजनाओं का लाभ दिया जायेगा साथ ही उन्हें कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी दी जायेगी इन योजनाओं का लाभ पंजीकृत मजदूरों को मिलेगा

किसान कल्याण विभाग ने समी जिलों के कलेक्टरों को विशेष ग्राम सभाओं के लिए जरूरी व्यवस्था करने के निर्देश दिये हैं

प्रशिक्षण में जिला स्तरीय स्थानीय निर्वाचन कार्यालय के निर्वाचन पर्यवेक्षक और अन्य कर्मचारी उप जिला निर्वाचन अधिकारी और मास्टर ट्रेनर्स शामिल होंगे

इस दौरान सागर कटनी रेलवे लाइन पर दमोह से निकलने वाली सभी रेल गाड़ियों को रोक दिया गया है श्री मलैया ने उम्मीद जताई है ये कार्य एक माह में पूरा हो जायेगा रेलवे ने इस काम के लिये तीन का ब्लाक दिया है समाधान केन्द्र सागर जिला न्यायालय परिसर में मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के दो न्यायाधीशों ने वैकल्पिक विवाद समाधान केन्द्र का लोकार्पण किया जिला न्यायालय परिसर में बने इस भवन का लोकार्पण न्यायाधीश एचपी सिंह और अतुल श्रीधरन द्वारा किया गया इस अवसर पर बार एसोसिएशन की स्मारिका का विमोचन भी किया गया कल देर शाम आयोजित इस समारोह में न्यायमूर्ति एचपी सिंह ने कहा कि इस भवन निर्माण का उद्देश्य असहाय बेसहारा और पीड़ित लोगों को विधिक सहायता प्रदान करना है नवरात्रि प्रदेशभर में चैत्र नैवरात्र के दूसरे दिन आज माता मंदिरों में श्रद्वालुओं की भीड़ देखी जा रही हैं सतना जिले के मैहर में मां शारदा मंदिर मेला परिसर में पश्चिम मध्य रेलवे की ओर से मैहर रेलवे स्टेशन के अलावा टिकट काउंटर मेला परिसर में लगाया गया है मैहर एसडीएम ने बताया है कि नवरात्रि के अवसर पर श्रद्वालुओं की संख्या को देखते हये ये टिकट काउंटर खोला गया है वहीं बुराहनपुर के धावन गांव में आयोजित नवरात्र मेले में महिला सशक्तिकरण स्वास्थ्य और रोजगार को लेकर जानकारियां भी दी जा रही हैं इस मेले में महिलाओं के लिये ड्राविंग लाइसेंस बनाने की भी व्यवस्था की गई है

इस मेले में दूर दराज से श्रद्वाल आते है वहीं सीहोर जिले के सलकनपूर रिथत विजासन माता मंदिर में श्रद्वालुओं की संख्या को देखते हुये विशेष इंतजाम किये गये है हमारे संवाददाता ने बताया है कि कल नवरात्रि के पहले दिन लगभग पचास हजार श्रद्धालुओं ने माता के दर्शन किये

सुबह संकीर्तन रैली के साथ विशेष पूजा अर्चना और लंगर का दौर जारी है

जिसके लिये सात टीम बनाई गई है

व्यापारियों ने बाजार बंद का आहवान किया है